उन्होंने इसकी प्रशंसा करते ह्ए कहा कि यह लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का श्भारंभ किया श्री मोदी ने छह राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी श्रूआत की इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्वतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड करें पंचायत पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा सागर जिले की दो ग्राम पंचायतों को प्रूस्कृत किया गया है जिले की बिनेका ग्राम पंचायत जनपद पंचायत बण्डा को ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी हेत् एवं ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी को नानाजी देषम्ख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा प्रस्कृत से सम्मानित किया गया है

पात्रता मानदंडए आवेदन जमा करने की विधिए आवेदन पत्र सहित अन्य विवरण आय्ष मंत्रालय की वेबसाइट पर हैं

खण्डवा में कोरोना लॉकडाउन के कारण अन्य जिलों के जो मजद्र खण्डवा के रेन बसेरा व अन्य आश्रय स्थलों में इन दिनों रह रहे हैए उन्हें जिला प्रशासन द्वारा वाहनों से सतनाए रीवाए डिंडोरीए ग्वालियरए बैतूल के लिए रवाना किया जायेगा

आगरमालवा जिले में भी रमजान माह की कल से शुरूआत हो रही है लाकडाउन के चलते शहर काजी वसीउद्दीन ने समाजजनों से घरों में ही पाँचों वक्त की नमाज घरों में अदा करने की अपील की है

छिन्दवाड़ा जिले कोरोना पाजिटिव की संख्या बढ़कर पांच हो गई

ड्रेसर और एक स्रक्षा कर्मी को होम कोरेंटाइन किया है इस य्वक को कोरोना संक्रमण की आशंका जताई गई है धार जिले के कोटा से लाये गए छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें घर भैजा गया अशोकनगर कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के संबंध में बताया कि हाईवे एवं जिले की सीमाओं पर टीमों को तैनात किया जायेगा रतलाम जिले में बंद पडे रतलाम औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को खोलने की अन्मति शर्तों पर दी जाएगी

टीकमगढ मे आज से लॉकडाउन मे छूट दी गई है